राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कल राजभवन में हुए एक सादे समारोह में इन मंत्रियों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई नए मंत्रियों में सिरमौर ज़िले में पांवटा साहिब के विधायक सुखराम चौधरी कांगड़ा ज़िले में नुरपूर के विधायक राकेश पठानिया और बिलासपुर ज़िले में घुमारवी के विधायक राजेंद्र गर्ग शामिल है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि नए मंत्रियों को विभागों का आवंटन शीघ्र ही कर दिया जाएगा उन्होंने अन्य मंत्रियों के विभागों में फेरबदल के संकेत भी दिए इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र आज शिमला से चौपाल विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न विकास योजनाओं का वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से उदघाटन व शिलान्यास करेंगे

विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि युवाओं द्वारा लापरवाही बरतने के कारण कई देशों में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है संगठन के महानिदेशक ने बताया कि हालांकि कोविड से बुजुर्ग व्यक्तियों के संक्रमित होने का खतरा सबसे अधिक है लेकिन युवा भी इससे संक्रमित हो सकते हैं उन्होंने कहा कि युवाओं को कोविड के संक्रमण के प्रति आगाह करना हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है उन्होंने जोर देकर कहा कि युवाओं को स्वयं तथा दूसरों को संक्रमित होने से बचाने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए हुए हैं

अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने प्रदेश मंत्रिमंडल के विस्तार और फैसलों को प्रमुखता दी है अमर उजाला और पंजाब केसरी के एक जैसे शब्द हैं सुखराम चौधरी राकेश पठानिया और राजेंद्र गर्ग ने ली मंत्री पद की शपथ दैनिक भास्कर की सुर्खी राकेश पठानिया सुखराम चौधरी राजेंद्र गर्ग बने मंत्री विभागों का बंटवारा आज दिव्य हिमाचल का शीर्षक है हिमाचल को मिले तीन मंत्री हिमाचल दस्तक ने लिखा है सुखराम पठानिया और गर्ग बने कैबिनेट मंत्री आपका फैसला का कहना है हिमाचल प्रदेश को मिले तीन नए कैबिनेट मंत्री मंत्रिमंडल के फैसले को पंजाब केसरी ने शीर्षक दिया है शिक्षा के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता में बढ़ोत्तरी दिव्य हिमाचल की सुर्खी है वाटर बिल में सीवरेज टैक्स घटा

अमर उजाला के शब्द हैं चुनाव से पहले पंचायतों और शहरी निकायों की सीमाएं होगी पुनर्गठित

पार्वती प्रोजेक्ट के पावर हाउस में धमाका करोड़ों की क्षति बिजली उत्पादन ठप्प शीर्षक से अमर उजाला ने लिखा है कुल्लू के सैंज में आधी रात पेश आया हादसा दैनिक भास्कर के शब्द हैं पार्वती परियोजना के चरण दो के पावर हाउस में धमाका उत्पादन ठप्प